मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार गन्ना किसानों के हित में कर रही है काम

कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्वालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि समूची मानवता और भावी पीढ़ी के लिए भी स्वच्छ ऊर्जा और गैस आधारित व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पैंसठ भौगोलिक क्षेत्रों के एक सौ उन्तीस जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा र्राजा की बढ़ती हुई मांग को प्ररा करने के साथ ही हमें क्लीन एनर्जी के हमारे कमिटमेंट का भी ध्यान रखना है हमें दुनिया को यह भी दिखाना है कि पर्यावरण को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए भी विकास हो सकता है ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नैच्रल गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि सरकार तरल प्राकृतिक गैस एल एन जी के टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण प्रणाली के विस्तार पर जोर दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था से गैस आधारित उद्योग पनपेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षो में देश में पांच हजार कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र लगाये जाएंगे श्री मोदी ने बताया कि पिछले चार वर्षो में ही सरकार ने बारह करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं

श्री मोदी ने कहा कि दो हजार चौदह के पहले केवल पचपन प्रतिशत घरों में रसोई गैस के कनेक्शन थे लेकिन अब नबे प्रतिशत घरों में रसोई गैस की सुविधा है इस अवसर पर अयोध्या जनपद में एक कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह तथा अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नगर गैस वितरण परियोजना का स्वागत किया पाइप लाइन गैस परियोजना में प्रदेश के बाईस जनपदों को सम्मिलित किया गया हैं बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि बस्ती जनपद पाइप लाइन गैस परियोजना से आच्छादित होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक ऐतिहासिक फैंसले में पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और विकास की स्वीकृति दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सनी आधनिक सुविधाओं से सुसज्जित करतारपुर गलियारा परियोजना केन्द्र सरकार की वित्तीय मदद से लागू की जाएगी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से संबंधित समिति ने पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम उन्नीस सौ सत्तासी के तहत अनिवार्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में पटसन के उपयोग के नियमों का दायरा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है इसके अनुसार शत प्रतिशत खाद्यान्न और बीस प्रतिशत चीनी को अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार के पटसन के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्ग निर्धारित करने के लिए बने आयोग के कार्यकाल में छह महीने की वृद्वि करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और सेवाओं के नियमन तथा मानकीकरण के लिए सम्बद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय विधेयक दो हजार अट्ठारह की मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हितों और प्रदेश की जनता के हित के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि सरकार चीनी मिलों के विस्तारीकरण को लेकर काम कर रही है श्री योगी कल हापुड़ में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के अक्सर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्र्यानमंत्री ने गन्ने से निकलने वाले एथेनाल को पेट्रोल के साथ मिलाने की बात कही है उससे किसानों को लाभ मिलेगा

उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की बजाए मतपत्रों से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक गैर सरकारी संगठन की इस दलील से सहमत नहीं थी कि ईवीएम का दुरूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख यानीरविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार मेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं लखनऊ समाचार कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोग पवित्र नदियों और सरोवरो में स्नान कर के पूजा पाठ और दान पृण्य कर रहे हैं आज ही गुरू नानक देव जी की जयंती भी मनाई जा रही है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज कार्तिक पूर्णिमा पर मेले लगे हैं ये मेले पवित्र नदियों के तटो पर लगाए गये हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेश के विमिन्न स्थानों पर गंगा यमुना सरयू शारदा और मंदाकिनी और अन्य पवित्र नदियों और तलावों में स्नान कर रहे हैं पवित्र स्नान के बाद श्रद्वालु अपने अपने ढंग से प्रजा अर्घना कर रहे हैं नदियों के किनारे और मंदिरों में शंख घंटो और भजन कीर्तन से वातावरण गुंजामान हो रहा है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयाग के संगम घाट कानपुर के बिठूर अयोध्या के सरयू घाट तिगरी धाम गढ़मुक्तेश्वर चित्रकूट के रामघाट और फर्रूखाबाद के घटिया घाट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गये हैं अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का आखिरी चरण मुख्य स्नान शुरू हो गया है भारी संख्या में श्रद्वाल् वहां सरयू नदी में स्नान कर के पूजा पाठ कर रहे हैं पूर्णिमा स्नान के साथ ही लगभग एक महीने से कल्पवास कर रहे श्रद्वालुओं का अपने अपने घरो को वापस लौटना भी शुरू हो गया है और विवरण हमारे फैजाबाद प्रतिनिधि सेः आज अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के मुख्य स्नान में लाखों श्रद्धाल् सरयू में ड्रवकी लगाकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं और अनुष्ठान पूर्ण करने वाले श्रद्वालुओं की भीड़ नागेरवरनाथ कनक भवन हनुयानगढ़ी रामजन्म भूमि और श्रीरामबल्लभाकुज सहित प्रमुख मंदिरों की ओर लगातार बढ़ रही है इस बीच कल्वासी भी कल्वास और उपवास ऑवले के वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन से कर रहे हैं प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी पवित्र नदियों के घाटो पर ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु स्नान और पूजा पाठ कर रहे हैं